मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं शिक्षण संस्थानों को बाईस मार्च तक बंद करने के दिये आदेश केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मंहगाई भत्ते में पहली जनवरी से की चार प्रतिशत की बढोतरी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा और ओलावृष्टि के साथ बारिश होने के चलते फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान का अनुमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के दिये निर्देश सार्क देशों भूटान श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश और नेपाल के नेताओं ने कोरोना वायरस का एकजुट होकर मुकाबला करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह का समर्थन किया है भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने कहा कि यह सही नेतृत्व की पहचान है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोथबाया राजपक्ष ने कहा है कि वे वायरस से संबद्व जानकारी बांटने के लिए तैयार है नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने कहा कि वे इस मामले में घनिष्ठ सहयोग के लिए तत्पर है मॉलद्वीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह ने कहा कि सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा इससे पहले प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दुनिया की आबादी का काफी बडा हिस्सा दक्षिण एशिया में है और इन देशों की सरकारों को लोगों के स्वास्थ्य के लिए सभी प्रयास करने चाहिए देश में कोरोना वायरस के पांच नए रोगियों का पता चला है ये मामले आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हैं नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी

इन मरीजों के सम्पर्क में आए लोगों की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है अब तक चार हजार से अधिक सम्पर्कों की पहचान की जा चुकी है जिन्हें निगरानी में रखा गया है श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रभावित लोगों की हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है उन्होंने बताया कि अब तक सरकार ने मालदीव म्यांमार बांग्लादेश चीन अमरीका मेडागास्कर श्रीलंका नेपाल दक्षिण अफ्रीका और पेरू के अड़तालीस नागरिकों सहित एक हजार तीन सौ इकत्तीस लोगों को प्रभावित देशों से निकाला है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 लोगों को सलाह दी गई है कि ये अपनी आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें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 दुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनने अथवा मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखने की सलाह दी गई है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 प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे के मददेनजर राज्य सरकार सभी ऐहतियाती कदम उठा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के सभी स्कूलों और कॉलेजों को आगामी बाईस मार्च तक बन्द करने की घोषणा की है उन्होंने कहा कि बीस मार्च को स्थिति की दोबारा समीक्षा की जायेगी इस दौरान सिर्फ वही संस्थान ख्लेंगे जहां परीक्षाएं पूर्व निर्घारित हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोग घबरायें नहीं बल्कि आवश्यक उपाय और बचाव के तरीके अपनाए उन्होंने बड़े कार्यक्रमों का आयोजन न करने की सलाह दी है यह एक संक्रमित बीमारी है तो स्वामाविक रूप से सतर्कता और साक्षानी इसमें बहत बढ़ा रोल अदा कर सकता है प्रदेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है यघापि उत्तर प्रदेश नेपाल की एक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ती है हम लोगों ने थर्मल एनुलाइजर पूरी सीमावर्ती क्षेत्र के हर नाके पर स्थापित किये हैं उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में और सभी चौबीस मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टॉफ को कोरोना के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में क्ल ग्यारह कोरोना फ्लू के मरीज हैं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने येस बैंक के पुनर्गठन के बारे में रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक येस बैंक के उन्चास प्रतिशत शेयरों में निवेश करेगा उन्होंने कहा कि येस बैंक से निकासी पर लगा प्रतिबंध प्नर्गठन से संबंधित अधिसुचना के जारी होने के तीन दिनों के अंदर हटा लिया जाएगा और एक सप्ताह के भीतर बैंक के नए बोर्ड का गठन कर लिया जाएगा वित्त मंत्री ने कहा कि इस पुनर्गठन से खाताधारकों का हित सुरक्षित रहेगा और येस बैंक समेत पूरी वित्तीय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों के मंहगाई राहत में चार प्रतिशत की वृद्धि की है

श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस बढ़ोतरी से सरकार पर करीब चौदह हजार छह सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष दो हजार बीस में कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल चार सौ उन्तालीस रूपए की बढ़ोतरी की है मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने यूरिया से संबंधित नई मूल्य नीति में अस्पष्टता दूर करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है श्री जावड़ेकर ने बताया हमारे देश के यूरिया का उत्पादन ज्यादा बढे ताकि हमें आयात पर निर्मर न रहना पड़े

मंत्रिमंडल ने सात हजार छ सौ साठ करोड रूपये की लागत से बनने वाले सात सौ अस्सी किलोमीटर लम्बे हरित राजमार्ग की मंजूरी दे दी है श्री जावडेकर ने कहा कि इस परियोजना में उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश राजस्थान और आंघ्रप्रदेश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनरोद्वार और नवीनीकरण शामिल हैं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 उन्होंने दिल्ली में हाल की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में राज्यसभा में बहस का जवाब देते हए यह स्पष्टीकरण दिया एनपीवार के अंदर कोई डॉक्चमेंट मांगा नहीं जाएगा पहले के एनपीवार में भी नहीं मांगा गया था इसमें भी नहीं मांगा जाएगा उन्होंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करें उसकी भी सप्टता प्रेस रितीज कर के दी है कि जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है उतनी देने के लिए आप आजाद हो प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा और ओलावृष्टि के साथ बारिश होने से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देने के निर्देश दिए हैं सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जनहानि पशहानि और मकान की क्षति प्रमावित व्यक्तियों को चौबीस घंटे के अंदर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं दैवीय आपदा के प्रत्येक मृतक के आश्रितों को चार चार लाख रूपये की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है पीलीमीत बिजनौर सीतापूर चंदौली मुजफ्फरनगर बागपत जौनपूर चित्रकूट कानपूर बलरामपूर बांदा गोरखपूर महराजगंज और बस्ती सहित कई जनपदों में वर्षा और ओलावृष्टि से गेहूं सरसों और मटर की फसलों को काफी नुकसान हुआ है